मंडी जिले में जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लडभडोल में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जनमंच की अध्यक्षता करेंगे

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला जिले में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के क्पवी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमीरपुर जिले के पटलांदर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र के दरीणी में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार चम्बा जिले के भरमौर में जनसमस्याएं सुनेंगे सोलन जिले का जनमंच नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामशहर में आयोजित किया जा रहा है जहां मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा कुल्लू जिला के आनी वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर स्पीति में तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल रेणुका में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ऊना सदर में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रदेश के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की पुस्तक लैंड रजिस्ट्रेशन ग्लोबल प्रैक्टिसिज एण्ड लेसन्ज फॉर इंडिया पुस्तक का विमोचन किया इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भूमि हस्तांतरण और पंजीकरण को लिटिगेशन मुक्त बनाने के लिए व्यापक आदर्श कानून की आवश्यकता पर बल दिया

उधर चंबा जिला प्रशासन ने भारत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के मददेनजर जिले के अत्यधिक बारिश व संभावित क्षेत्र में न जाने की सलाह दी है उपायुक्त विवेक भाटिया ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों गैर सरकारी संगठनों ट्रैकरों व पैदल यात्रियों से अनुरोध किया है कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके

हर वर्ष बीलिंग में बरसात के समय उड़ानों पर प्रतिबंध रहता है यदि किसी ने भी नियमों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

ं धर्मशाला की शिल्पा जैन का दुनिया में डंका शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है शिल्पा ने यूएस की फैडैक्स यंग इनोवेटर्ज लिस्ट में स्थान बनाया पंजाब केसरी की एक खबर है कांगड़ा बैंक की घाटे वाली शाखाएं बंद या मर्ज होंगी

मौसम पर दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में कल भारी वर्षा की चेतावनी

रिलायंस बददी में लगाएगा मोबाइल असेंबलिंग उद्योग शीर्षक से अमर उजाला लिखता है जमीन चिन्हित मुख्यमंत्री से मिले कंपनी के प्रतिनिधि दैनिक भास्कर का शीर्षक है रिलायंस मोबाइल असेंबलिंग यूनिट और नेटवर्किंग में निवेश को तैयार दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है बाहर से मंहगी दवाई लिखने पर नपेंगे डाक्टर